राज्य शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और कार्मिक वर्क फ्रोम होम कर सकेंगे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

इस के बाद प्रधानमंत्री की फार्मा कम्पनियों के साथ भी बैठक प्रस्तावित है जिसमें कोविड की स्थिति और दवाईयों की उपलब्धता पर चर्चा होने की संभावना है इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड़ की स्थिति को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

इधर प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के बीच कोविड टीकाकरण जारी रहा

झुंझुनू में नगरपालिका अध्यक्ष ने वैक्सीन लगवाकर विशेष टीकाकरण शिविर का शुभारंभ किया

इसे भिलाकर देश में संक्रभित लोगों की संख्या बढकर एक करोड पचास लाख से अधिक हो गई है

सीकर में शिक्षामंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने श्री कल्याण मैडिकल कॉलेज जाकर वहां कोविड के इलाज की तैयारियों का जायजा लिया जिला कलक्टर ने इस बारे में और जानकारी दी जयपुर में पुलिस अधिकारियों ने कभिश्नरेट क्षेत्र में की गई नाकाबंदी का निरीक्षण किया पुलिस ने कहा है कि वाहन चालक को सड़क पर आने का ठोस कारण बताना होगा

बारां जिले में जन अनुशासन पखवाडे की एडवाइजरी की पालना करवाने के लिए पुलिस ने बाजारों में गश्त की

श्रीगंगानगर में चिकित्सा विमाग की टीमों ने जिला मुख्यालय पर घर घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया है

जैसलमेर में भी पुलिस ने बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के चालान काटे

बाद में प्रशासन की ओर से सख्ती की गई इस बीच प्रदेश के अन्य राज्यों से लगते जिलों में चैक पोस्ट बनाकर निगरानी रखी जा रही है जालौर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण ने गुजरात से सटी सीमा पर चैक पोस्ट का जायजा लिया झालावाड़ जिले के रायपुर के पास राजस्थान मध्यप्रदेश बॉर्डर पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने चैक का निरीक्षण कर बॉर्डर पर आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्कीनिंग करने और आरटीपीसीआर टैस्ट रिपोर्ट देखने के निर्देश दिए बांसवाड़ा जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जिले के दानपुर रतलाम बॉर्डर और गुजरात सीमा पर मोना डूंगर का निरीक्षण किया

वर्क फ्रॉम होम के दौरान सभी शिक्षाकर्मी अपना मोबाइल ऑन रखेंगे और प्राप्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे

इसके बाद कोविड योद्धाओं के लिए एक नई बीमा पॉलिसी प्रभावी होगी

पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह का डबल म्यूटेशन संक्रमण कई अन्य देशों में भी पाया गया है

आज मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बोर्ड ऑफ इनवेस्टमेंट की पहली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में निवेश बढाने के हर संभव प्रयास किये जायें